इधर प्रदेश में भी महिलाओं और बालिकाओं को बढावा देने के लिए ँविशेष प्रयास जारी है इन ही प्रयासों की कडी में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कार भी दिए जाते है पुरस्कारों की इसी श्रृंखला में महिला अधिकारिता विभाग टॉक जिले की ग्राम साथिन मनोज कंवर को पुरस्कृत करने जा रहा है मनोज कंवर को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ साथिन पुरस्कार के लिए चुना गया है

उन्होंने कहा कि ईरान इटली और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में इस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए उच्चस्तर की सावधानी बरतने की जरूरत है स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को सलाह दी कि वे खुन के नमनों को एकत्र करने और उनकी जांच के बारे में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें

तीन रेलगाड़िया जयपुर से रींगस के बीच और चौथी हिस्सार से रींगस तक चलेगी

श्रीमती गांधी की ओर से यह चादर लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दरगाह जाएंगे और देश में राष्ट्रीय एकता अमन और ख्रशहाली की दुआ मांगेगे उच्च न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को संभागीय मुख्यालयों पर स्थित नारी निकेतनों बालिका गृहों और संप्रेक्षण गृहों का द्विमासिक दौरा सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार करने को कहा है न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए राज्य में अचानाक मौसम में बदलाव आया है कई जगह बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है अलवर शहर और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हई जिससे सरसों की मुख्य फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है राजधानी जयपुर में भी देर रात हल्की बारिश के साथ ही तेज हवाए चलने से न्यनतम तापमान में गिरावट आई है श्रीगंगानगर करौली और दौसा जिले में भी देर रात तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में चार से छह मार्च तक कई स्थानों पर आंशिक बादल छाये रहने की संभावना है जगद्ग्रू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय पहली बार अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है